आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है

और पन्द्रहवीं पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता कल से पटना में होगा शुरू

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने संबंधित पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था पीठ ने कहा कि यह मामला सम्पत्ति विवाद का नहीं बल्कि दिल और दिमाग से एक सर्व स्वीकार्य हल निकालने का है न्यायालय ने सभी पक्षों से संभावित मध्यस्थतों के नाम देने को कहा था छब्बीस फरवरी की सुनवाई में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सौहार्दपूर्ण समाधान की एक प्रतिशत आशा होने के बावजूद मध्यस्थता को एक मौका दिया जाना चाहिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दो हजार दस के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में चौदह अपील दायर की गई है इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अयोध्या में दो दशमलव सात सात एकड़ भूमि तीनों पक्षों सुन्नी वक्फ बोर्ड निर्मोही अखाड़ा और रामलला को बराबर बराबर बांटने की व्यवस्था दी थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलवामा आतंकी हमले में शहीद रतन कुमार ठाकुर के परिजनों से मिलकर उन्हें हरसंभव मदद का भरोसा दिया है श्री कुमार ने पुलवामा हमले में शहीद जवान रतन कुमार के पैतुक गांव भागलपुर के सन्हौला प्रखंड के रतनपूर गांव पहुंच कर उनके परिजनों से मुलाकात की उन्होंने कहा कि बिहार सरकार शहीद जवान के परिजनों को हर संभव मदद करेगी मुख्यमंत्री ने शहीद के परिजनों को ढांढस बंधाते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में सरकार उनके साथ है उन्होंने कहा कि शहीद रतन के बच्चे को भविष्य को संवारने तथा परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने के लिए पूरा प्रयास किया जायेगा उन्होंने कहा कि परिजनों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो इसके लिए जिला प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिया गया है और कहा गया है कि शहीद के गांव रतनपूर के विकास के लिए काम शुरू करवाया जाये इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने शहीद रतन के तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गया और सुपौल सहित देशभर में पचास नये केंद्रीय विद्यालय खोले जाने को मंजूरी दी है इसके अंतर्गत गया के बाराचट्टी और सुपौल के वीरपुर में केन्द्रीय विद्यालय खोले जायेंगे ये विद्यालय अर्द्वसैनिक क्षेत्रों और उन इलाकों में खोले जायेंगे जहां रेलवे कर्मियों की संख्या सबसे अधिक है केन्द्र सरकार ने गंगा में गंदगी को रोकने के लिए राज्य में छह और सीवरेज प्लांट को स्वीकृति प्रदान की है नमामि गंगे योजना के अंतर्गत राजधानी पटना के आस पास और प्रदेश के कई दूसरे क्षेत्रों की गंदगी गंगा में जाने से रोकी जायेगी ये प्लांट पटना के दानापुर फुलवारीशरीफ फतुहा बख्तियारपुर मनेर और खगड़िया में स्थापित की जायेगी इस योजना पर तीन सौ करोड़ रूपये खर्च किये जायेंगे वर्ष दो हजार सत्रह दो हजार अठारह के लिए वार्षिक जीएसटी रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि बढ़ा कर तीस जून कर दी गई है माल और सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत वार्षिक रिटर्न दाखिल करने के लिए फॉर्म जीएसटीआर नौ और फॉर्म जीएसटीआर नौ ए सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध है वित्त मंत्रालय ने एक बयान में करदाताओं से अपना रिटर्न जल्द से जल्द दाखिल करने को कहा है उसने फॉर्म भरने में सावधानी बरतने को कहा है क्योंकि जीएसटीआर नौ और जीएसटीआर नौ ए को संशोधित करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है बिहार कर्मचारी चयन आयोग स्टेनों के तीन सौ छब्बीस रिक्त पदों के लिए आवेदन अब ग्यारह मार्च से स्वीकार करेगा आयोग की ओर से इससे पहले सात मार्च से आवेदन स्वीकार करने की घोषणा की गयी थी तीस मार्च तक इन पदों के लिए आवेदन स्वीकार किये जायेंगे आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है इस अवसर पर राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है विश्वभर में सरकारें गैर सरकारी संगठन और अन्य संस्थाएं महिलाओं की उपलब्धियों को उजागर करने के लिए प्रत्येक वर्ष आठ मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाती हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महिला दिवस पर सभी नागरिकों विशेष रूप से भारत की बेटियों को बधाई दी है जिन्होंने अपनी सफलता के माध्यम से राष्ट्र का गौरव बढ़ाया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर प्रदेश और देश की महिलाओं को बधाई एवं श्रभकामनायें दी है श्री कुमार ने कहा कि महिलायें समाज का अभिन्न हिस्सा हैं वे अपनी प्रतिभा के बलबूते विभिन्न क्षेत्रों में अलग पहचान बना रही हैं किसी भी राज्य या देश के विकास में महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण होता है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज नई दिल्ली में महिलाओं के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान नारी शक्ति पुरस्कार दो हजार अठारह प्रदान करेंगे इस वर्ष पुरस्कार के लिए चौबालीस महिलाओं और संस्थानों को चुना गया है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से कल पटना व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा इस लोक अदालत में बैंक बिजली मजदूरी से जुड़े मामले माप तौल सहित कई मुकदमों का निपटारा किया जायेगा बिहार सैन्य पुलिस में एक सौ तैंतालीस अवर निरीक्षकों को निरीक्षक के पद पर प्रोन्नति दी गयी है प्रोन्नति पाने वाले सभी पुलिस पदाधिकारियों का तबादला कर दिया गया है निर्वाचन विभाग ने प्रदेश के नौ जिलों में एक सौ अड़तालीस मतदान केन्द्रों को सेटेलाइट फोन से जोड़ेगी राज्य सरकार ने किसानों के उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिए गेहूँ का समर्थन मूल्य एक हजार आठ सौ चालीस रूपये प्रति क्विंटल तय किया है दानापुर आनंद विहार जनसाधारण एक्सप्रेस का पुनः परिचालन पन्द्रह मार्च से शुरू होगा पूर्णिया कोर्ट हटिया एक्सप्रेस का पुनपुन में ठहराव की मंजूरी रेल मंत्रालय ने दे दी है केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामकृपाल यादव आज इस सेवा की शुरूआत करेंगे पटना में कल से ग्यारह मार्च तक पन्द्रहवीं पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया जायेगा पैरालिंपिक कमिटी आफ बिहार के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस चैम्पिनशिप में देश के लगभग पच्चीस राज्यों के तीन सौ से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे प्रतियोगिता में ट्रैक एंड फिल्ड्स स्पर्धा का आयोजन किया जायेगा वहीं द्रसरी ओर दक्षिण अफ्रीका में पच्चीस मार्च से शुरू हो रहे अंडर सिक्सटीन फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम में पटना के आहन प्रकाश को शामिल किया गया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को सूर्खी बनाया है हिन्दुस्तान का शीर्षक है केन्द्रीय कैबिनेट ने शिक्षक भर्ती के लिए अध्यादेश पर मूहर लगायी संस्थानवार आरक्षण की व्यवस्था फिर से बहाल दैनिक जागरण ने लिखा है हाफिज सईद पर आगे भी जारी रहेगा संयुक्त राष्ट्र का प्रतिबंध प्रभात खबर का शीर्षक है केन्द्रीय कैबिनेट का फैसला बिहार को मिलेगी पचास फीसदी बिजली चौसा थर्मल पावर को मिली मंजूरी विश्व महिला दिवस के अवसर पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है महिलाओं को असली समानता तभी मिलेगी जब पुरूष भी उनके काम करने लेंगे

आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है

और पन्द्रहवीं पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता कल से पटना में होगा शुरू